सेना भर्ती की तैयारी के लिए मण्डी हमीरपुर कांगड़ा और बिलासपुर में खोले जाएंगे कोचिंग सैंटर लाहौल स्पीति ज़िले में दो सप्ताह से बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा ठप्प लोग परेशान विजय दिवस पर प्रदेश में शहीदों को दी गई श्रद्वांजलि

इसके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी है

इनमें कृषि बागवानी पशुपालन मछली पालन खाद्य प्रसंस्करण फार्मा उद्योग पर्यावरण और आतिथ्य सहित पर्यटन व स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं

धर्मशाला क्षेत्र में सब्जी बीज गुणन फार्म भट्टू का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि खेती में रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मुक्ति के लिए राज्य में शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर बल दिया जा रहा है इसके लिए कृषि विभाग समय समय पर किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित कर रहा है मारकण्डा ने कहा कि प्रदेश में मौजूद सब्जी मण्डियों को ई नाम से जोड़ा गया है जिससे किसानों को फसल के उचित दाम मिल रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई कृषि मण्डियां सार्वजनिक निजी भागीदारी से स्थापित की जाएंगी किशन कप्र राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की दिशा में गम्भीर प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि राज्य में नई राहें नई मंजिलें योजना शुरू की गई है जिसके तहत पर्यटकों को अनछुए क्षेत्रों में भेजने पर बल दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास से जहां स्वरोजगार के अनेक साधन उपलब्ध होंगे वहीं ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा भी मिलेगा किशन कपूर ने प्रदर्शनी के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने इलाके की डरोह पंचायत के गदियाड़ा में आज एक कार्यक्रम में कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सुजन के लिए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं परमार ने आश्वासन दिया कि जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने पर क्षेत्र के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया महेन्द्र सिंह सेना में भर्ती होने के इच्छुक प्रदेश के युवाओं के लिए मण्डी कांगड़ा हमीरपुर और बिलासपुर में कोचिंग सैंटर खोले जाएंगे बिलासपुर जिले के बरठीं में आज वीर सैनिक सम्मान समारोह में सैनिक कल्याण व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे अधिक से अधिक युवा सेना में जाने के लिए तैयार हो सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौजवानों के लिए ऑफिसर कोचिंग अकादमी खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिमालयन रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है उन्होंने समारोह में वीर नारियों को सम्मानित भी किया इस बीच महेन्द्र सिंह ठाकुर ने झण्डूता में बरड मन्नण उठाऊ पेयजल योजना के संवर्द्वन का शुभारम्भ किया

इसके तहत हर घर में नल और सप्ताहभर रोज़ाना सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी

इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित केन्द्रीय नेता पन्ना प्रमुखों का मार्गदर्शन करेंगे उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पन्ना प्रमुखों को लोकसभा चुनाव में जीत के टिप्स दिए जाएंगे सतपाल सत्ती ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के दम पर भाजपा केन्द्र में फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी बैठक में मौजूद रहे

उन्होंने बताया कि चम्बा ज़िले में नए सबस्टेशनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है इनके बनने से संबंधित क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सकेगा

ब्यासनाला के समीप निगम की ओएफसी कट जाने से इंटरनेट सेवा ठप्प पड़ी है लोगों का कहना है कि इससे जहां सरकारी काम प्रभावित हो रहा है वहीं परीक्षाओं व रोजगार के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले युवाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने जिले की सभी पंचायतों लोकमित्र केन्द्रों और कार्यालयों में वी सैट लगाने की मांग की है ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके

वे आज कुल्लू ज़िले के राजकीय विद्यालय सारी भेखली के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सभी से आगे आने का आह्वान किया है ऊना के लोअर कोटला स्थित एक स्कूल के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा देने की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी जन आंदोलन बनाने की जुरूरत है

इस अवसर पर राष्ट्र ने शहीदों को भावभीनी श्रद्दाजंलि दी धर्मशाला में शहीद स्मारक पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने सिक्ख रेजीमेंट द्वारा लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की ऊना में हुए एक समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सैनिकों की शहादत को भूलने वाला राष्ट्र लम्बे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को याद करने का दिन है सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मण्डी में हुए समारोह में कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार से अधिक से अधिक योजनाएं आरम्भ करने का आग्रह किया विजय दिवस के अवसर पर कल्लू में मीडिया व ज़िला प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया जिसमें मीडिया इलेवन की टीम विजयी रही उपायुक्त यूनुस ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया विधिक साक्षरता शिमला ज़िले की शकराह पंचायत में अतिरिक्त ज़िला व सत्र न्यायाधीश अर्पणा शर्मा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया उन्होंने कहा कि शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले लोक अदालतों और मध्यस्थता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं जहां वे अपने मामलों की जानकारी ले सकते हैं दूसरी ओर बसंतपुर खण्ड के नैहरा में हुए ऐसे ही एक शिविर में न्यायिक दण्डाधिकारी कनिका गुप्ता ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया अधिवक्ताओं ने विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी मौसम राज्य में पिछले कुछ दिनों से खिल रही धूप के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है जनजातीय इलाकों में जहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है वहीं धूप खिलने से दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज हुई है

नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह ने तत्काल प्रभाव से पार्टी की जुब्बल कोटखाई कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया है पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रशांत चौहान इकाई के उपाध्यक्ष जबकि बलदेव पापटा महासचिव बनाए गए हैं